प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पी एम ए वाई जी के अंतर्गत छह लाख दस हजार से अधिक लाभार्थियों को करीब दो हजार छः सौ इक्यानबे करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे इस सहायता राशि से योजना के अंतर्गत पांच लाख तीस हजार लाभार्थियों को पहली किस्त और अस्सी हजार लाभार्थियों को दूसरी किस्त दी जाएगी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री ने बीस नवंबर दो हजार सोलह को सरकार के पी एम ए वाई जी कार्यक्रम का श्भारंभ करते हुए देश में दो हजार बाईस तक सबको आवास उपलब्ध कराने का आह्वान किया था इस योजना के अंतर्गत अब तक देशभर में एक करोड़ छब्बीस लाख आवासीय इकाइयां बनायी जा चुकी हैं इस योजना में मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए एक लाख बीस हजार रुपए की शत प्रतिशत अनुदान राशि सहायता के रूप में दी जाती है जबकि पर्वतीय राज्यों उत्तर पूर्वी राज्यों दुर्गम इलाकों केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में लाभार्थियों को एक लाख तीस हजार रुपए की अनुदान सहायता दी जाती है

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है इसके बावजूद अभी भी इस महामारी के प्रति हर स्तर पर सतर्कता बरतना आवश्यक है थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है

उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम कोरोना के डेढ़ लाख टेस्ट प्रतिदिन किये जायें जनपदों में स्थापित इंटीग्रेटेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी बनाये रखें इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम और कांटैक्ट ट्रेसिंग को पूरी सक्रियता से जारी रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि आरोग्य मेलों को पोषण संबंधी गतिविधियों से भी जोड़ा जाये और इस आयोजन में आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी जाये मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेलो के दौरान कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक किये जाने और वहां रैपिड एंटीजन टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था के भी निर्देश दिये केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में दसवें दौर की वार्ता होगी कृषि मंत्रालय द्वारा कल जारी एक वक्तत्व में कहा गया कि सरकार किसानों के मुद्दे सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है इस बीच तीन नये कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की कल नई दिल्ली में पहली बैठक हुई बैठक में किसानों किसान संगठनों किसान यूनियनों और अन्य संबद्व पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले दो महीनों में अपनी सिफारिशें देने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई प्रदेश में विधान परिषद की बारह सीटों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के अंतर्गत कल नामांकन की जांच के बाद बारह प्रत्याशी मैदान में रह गये हैं कल नामांकन पत्रों की जांच का आखिरी दिन था एक मात्र निर्दलीय उम्मीदवार महेश चन्द्र शर्मा का पर्चा जांच के दौरान खामी पाये जाने के चलते निरस्त कर दिया गया अब सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है इक्कीस जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के दस और समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति आज से शुरू हो जाएगी क्छ ही दिनों में कई अन्य देशों को भी ये टीके सप्लाई किए जाने लगेंगे श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को एक पूराने सहयोगी देश के नाते बडे सम्मान से देखा जाता है एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पडोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं इनके जवाब में और टीकों के उत्पाद के बारे में भारत की वचनबद्वता के अनुसार तथा कोविड महामारी से निपटने में समूची मानवता की मदद करने की अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल भूटान मालदीव बंगलादेश म्यामा और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति आज से शुरू की जाएगी मंत्रालय ने यह भी कहा है कि श्रीलंका अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक विनियामक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में आवास निर्माण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सभी कार्य निर्धारित मानकों और गाइडलाइन के अनुरूप सुनिश्चित किये जायें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी और निवासी श्रमिकों तथा कामगारों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का अंतिम त्रयमास शुरू हो गया है ऐसे में सभी विभागों से जुड़े अधिकारी राजस्व प्राप्ति की गहन समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए रणनीति बनाई जाये ई संजीवनी ऐप के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है इसके माध्यम से अब तक चार लाख पन्द्रह हजार दो सौ नौ लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श लिया है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोरोना सैम्पल की जांच का कार्य लगातार जारी अब तक राज्य में दो करोड़ चौसठ लाख छियालिस हजार सात सौ दस नमूनों की जांच की गई है प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीका लगाने का कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों और कम के अनुसार लगातार जारी है पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण के बाद फ़ंट लाइनकर्मियों और उसके बाद पचास वर्ष से अधिक आयु वाले तथा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित पचास वर्ष से कम आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जायेगा संसद का बजट सत्र इस महीने की उन्तीस तारीख से शुरू होगा कल नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र का पहला भाग पन्दह फरवरी को सम्पन्न होगा जिसमें बारह बैठकें होंगी बजट सत्र की शुरूआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ होगी आम बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि टीम ने पूरे मैच में अपने जोश और क्षमता का प्रदर्शन किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई देते हुए कहा है कि हाल के दिनों में यह जीत यादगार है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस जीत पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने पूरी तत्परता से खेल भावना का प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है उन्होंने कहा कि यह विजय टीम इंडिया के दृढ़संकल्प धैर्य और अनुशासन को समर्पित है कामना है कि टीम इंडिया भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करती रहे खालसा पंथ के संस्थापक दसवें सिख गुरू गुरू गोविन्द सिंह जी की जयंती आज श्रद्दा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरू गोविन्द सिंह जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है

केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया में किये जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि वर्ष दो हजार इक्कीस की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैंतीस प्रतिशत की बजाय तेईस प्रतिशत अंक ही प्राप्त करने आवश्यक होंगे